मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जमरानी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना तराई भाबर की लाइफ लाइन है उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को हकीकत बनाने के लिए केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिला है इस बांध के बनने से तराई भाबर के क्षेत्रों हल्द्वानी काठगोदाम और उसके आस पास के क्षेत्रों को ग्रेविटी का पानी उपलब्ध होगा खासकर उधमसिंह नगर जिले में सिंचाई की सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी झील पर्यटन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर उभर रहा है यहां पर्यटन के विकास से क्षेत्र की आर्थिकी और मजबूत होगी उन्होंने कहा कि डोबरा चांठी पुल के निर्माण के बाद टिहरी के दोनों ओर होटल रिजॉर्ट और शिक्षण संस्थान बनेंगे इससे पर्यटकों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी वहीं स्मार्ट दून पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बदला हुआ दून दिखेगा

ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हुए विचार विमर्श से लोकतंत्र के समक्ष च्नौतियों का सामना करने संसदीय और विधायी कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी वे आज देहराद्न में देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने बताया कि सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि शुन्यकाल में अविलंबनीय लोक महत्व की बात रखने का अवसर अधिकाधिक मिले ताकि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दल बदल की समस्या के कारण लोकतांत्रिक समस्याओं के प्रति जनता के विश्वास में कमी आयी है जिस पर सम्मेलन में विचार किया गया उन्होंने सदन की कार्रवाई में व्यवधान और सदस्यों के गर्भगृह में आ जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए इस मुद्दे पर आम सहमति की जरूरत पर जोर दिया ताकि विधायी कामकाज सुचारु रूप से चल सके उन्होंने बताया कि सम्मेलन में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार की तर्ज पर उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार स्थापित किये जाने का सुझाव मिला है श्री बिड़ला ने कहा कि राज्य विधानमंडलों की बैठकों की संख्या बढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया गया है इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि विधानमंडलों ने संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि विधानसभा और विधान परिषद में शोर शराबे और व्यवधान के कारण समय बर्बाद होता है जो जनादेश के साथ धोखा होगा उन्होंने विधानमंडलों में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सम्मेलन के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संवाददाताओं को बताया कि विधायी संस्थाओं में एकरूपता लाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा उन्होंने विधानमंडलों में दस्तावेजों के डिजीटलीकरण पर जोर दिया

आने वाले चरणों में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा

इस अवसर पर उत्तराखण्ड में फिल्म श्रदिंग को बढ़ावा देने और राज्य की फिल्म नीति पर विस्तार से चर्चा की गई जल्द ही फिल्मकारों का एक दल उत्तराखण्ड आएगा और विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर यहां फिल्म शूटिंग की सम्भावनाओं का जायजा लेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्म इंडस्ट्री का आकर्षण काफी बढ़ा है

इसके साथ ही फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों से संवाद कर उन्हें उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था

बैठक में उपस्थित फिल्मकारों ने प्रदेश में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की मुख्यमंत्री ने मिलने आए फिल्मकारों को कण्डाली यानि बिच्छु घास से बनी जैकेट भी भेंट की

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बारे में निर्देश जारी करते हुए कहा कि नियमावलियों के संबंध में किसी प्रकार की समस्या हो तो विभागीय अधिकारी कार्मिक विभाग में व्यक्तिगत रूप से आकर दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं देहरादून में सीधी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विभागों में एकीकरण की प्रक्रिया की जानी है वहां इसे जल्द से जल्द करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सूचना राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजें

सीएए प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है उन्होंने प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है इस बीच बागेश्वर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जागरूकता अभियान चलाने जा रही है आज विद्यार्थी परिषद ने सीएए और एनआरसी का स्वागत करते हुए सभीछात्र छात्राओं से इसका समर्थन करने की अपील की छात्रसंघ अध्यक्ष ने कहा कि एनआरसी और सीएए को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है उन्होंने कहा एबीवीपी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को अपने स्तर से जागरूक करेगी उन्हें कानून को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाएगी और इसके लाभ भी बताए जाएंगे बैठक देहरादून प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश और कर्नाटक के अपर मुख्य सचिव राजकुमार खत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच शिक्षा हैंडीक्राफ्ट उत्पादों कृषि योगा और सांस्कृ तिक आदान प्रदान को लेकर वर्ष भर में संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूप रेखा पर चर्चा की देहरादून में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव ने दोनों राज्यों के योग प्रशिक्षकों के योगा ज्ञान के आदान प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने यहां पैदा होने वाली पारम्परिक फसलों जैसे कोदा झंगोरा मंड्वा बाजरा आदि और कर्नाटक की फसलों की जानकारी की जरूरत भी बताई श्री ओम प्रकाश ने कहा कि आगामी जनवरी बंगलुरु में दोनों राज्यों के अधिकारियों और दोनों राज्यों में उपलब्ध शीर्ष संस्थाओं के बीच एक समन्वय बैठक की जायेगी जिसमें वर्ष भर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जायेगी हरिद्वार ठंड प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हाल में हुई भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण शीतलहर चल रही है हरिद्वार जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है ठंड से बचाव के लिए हरिद्वार नगर निगम द्वारा अलाव जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है हरकी पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर जगह जगह अलाव जलाने का इंतजाम किया गया है नगर आयुक्त उदय सिंह राणा ने बताया कि बढ़ती ठंड़ के चलते जिला प्रशासन ने रैन बसेरों में भी अलाव की व्यवस्था की है